प्रदेश में भी बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने कोविड टीके लगवाये राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी वैक्सीन ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की उपज बाजार में बेचने के लिए अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराये जाने पर जोर दिया विधानसभा ने आसान का सम्मान नहीं किये जाने के आरोप में विधायक वासुदेव देवनानी को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव पारित किया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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

एक ट्वीट में श्री मोदी ने यह जानकारी दी श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि जो भी वैक्सीन लेने के पात्र हैं वे सभी टीका लगवाये और हम सब मिलकर भारत को कोविड मुक्त बनायें पुदुचेरी की नर्स सिस्टर पी निवेदा ने श्री मोदी को टीका लगाया

इधर प्रदेश में भी आज से कोविड टीकाकरण का नया चरण शुरू हो गया है

दौसा में शुरूआती टीके लगवाने वालों ने बताया कि उन्हें वैक्सीन लगवाने के बाद कोई परेशानी नहीं हुई है प्रतापगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों में टीकाकरण के प्रति उत्साह देखा गया सीकर में टीका लगवाने पहुंचे ब्रिगेडियर भारत भूषण ने अपने विचार साझा किये

झूंझुनूं के जिला कलक्टर ने भगवानदास खेतान अस्पताल में टीकाकरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने बताया कि इस चरण में तीन लाख इक्यासी हजार से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जायेगी

उन्होंने आज केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हए कहा कि आधुनिक भंडारण सुविधाएं किसानों को उनके गांवों के पास उपलब्ध होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया

श्री देवनानी को कल भी माफी मांगने की शर्त पर सदन में प्रवेश देने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया आज शुन्यकाल में श्री देवनानी ने राष्ट्रीय संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर स्थगन प्रस्ताव के तहत मुद्दा उठाया था जिसे स्वीकार नहीं किया गया इस पर श्री देवनानी आसन के समस्त खड़े रहते हुए अपनी बात जोर जोर से रखने लगे स्पीकर डॉ जोशी ने कहा कि भाजपा विधायक द्वारा उठाया गया मुद्दा गंभीर है लेकिन इसे उठाने का भाजपा विधायक का तरीका गलत है इस पर उपनेता प्रतिपक्ष समेत भाजपा के विधायक अपनी अपनी सीटों पर खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने श्री देवनानी को एक दिन के लिए सदन से निष्कासित रखने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने पास कर दिया

श्री गहलोत ने जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल के डॉक्टरों की टीम सराहना की सेवाराम के दिल और गुर्दे को दूसरे व्यक्ति में लगाने लिवर को जयपुर के एक गैर सरकारी अस्पताल और फेंफडे हैदराबाद भेजने के लिएइस टीम ने तत्परता दिखाई मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि जयपुर के सवाईमानसिंह अस्पताल के डॉक्टर दूसरे संगठनों के साथ मिलकर अंगदान और इन अंगों को दूसरे में लगाने का कार्य कर रहे है जो बेमिसाल काम है मुख्यमंत्री ने उन सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है जिन्हें ये अंग लगाये गये है गौरतलब है कि धौलपुर के इस युवक को कुछ दिन पहले घायल होने के बाद सवाईमानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जिसकी आज मृत्य हो गई हमारे धौलपुर संवाददाता ने बताया कि अंगदान के बाद युवक के पार्थिव शरीर को धौलपुर में उसके पैतृक गांव लाया गया

आयोग के सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी कल मंगलवार को आयोग परिसर में आयोजित काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं